प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पार्टी सांसदों को नई सरकार की योजनाओं के बारे में अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने को कहा कल संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कुष्ठ रोग और तपेदिक जैसी बीमारियों के उन्मूलन पर जोर दिया और सांसदों से इस दिशा में प्रयास करने की अपील की प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति पर ध्यान कोन्द्रित करने की बजाय जनहित में काम करने को कहा है प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टोल प्लाजा व्यवस्था को बंद नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए सभी वाहनों को चार माह के भीतर अनिवार्य रूप से फास्ट टैग से जोड़ दिया जाएगा श्री गडकरी ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर हई चर्चा का जवाब देते हए कल कहा कि फास्ट टैग लगाने से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने वाले वाहनों की कतार खत्म हो जाएगी इसलिए चार माह में सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से टैग लगाने को कहा गया है नए वाहनों पर बिक्री के समय ही यह टैग अनिवार्य कर दिया गया है

इस टैग को लगाने से वाहनों की डिजीटल तरीके से टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और इसकी राशि पहले से ही ली जाती है इसलिए इस टैग से जुड़े वाहनों को टोल प्लाजा पर रूकने की जरूरत नहीं होती है अफ़ीकी देश तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम में विश्व प्रसिद्ध कृत्रिम पैर जयपुर फूट के निर्माण और दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थाई केन्द्र स्थापित किया जाएगा दार ए सलाम में जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और मुहिम बिल आर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट के बीच एक समझौता हुआ है इस समझौते के तहत यह केन्द्र स्थापित किया जाएगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

कल विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटपूतली और बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय और तीन स्थानों पर नये कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ अब सभी वर्ग की बीपीएल परिवारों की पात्र यूवतियों को दिया जाएगा उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी पर नियंत्रण के लिए च्छ् कज एक्ट की तर्ज ेपर कार्यवाही की जाएगी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मॉबलिचिंग और ऑनरकिलिंग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाये जाने की बात कही मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटी स्कैन एमआरआई के साथ एंजियोग्राफी की सुविधा को भी फी करने की बात कही बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने विगत सरकार द्वारा कई संस्थानों और योजनाओं का नाम बदलने की भी आलोचना की उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की स्रक्षा के प्रति बेहद गम्भीर है उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं इससे पहले बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जीएसटी से राज्य का टैक्स कलेक्शन बढा है

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में मेवाड़ के साथ अन्याय किया गया है

विधायक दीपेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रष्न के उत्तर में सरकार ने कल यह जानकारी दी

संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कल विधानसभा में कहा कि ब्यावर में सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क मरम्मत का काम भी शीघ्रता से किया जा रहा है इसके अतिरिक्त ब्यावर में अवैध नक्शे स्वीकृत करने का यदि कोई मामला सामने आता है तो दोषियों के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी

उन्होंने बताया कि नगर परिषद् द्वारा अस्वीकृत नक्शों को गलत तरीके से स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत किये जाने का यदि कोई मामला सामने आता है तो निदेशालय स्थानीय निकाय से जवाब मांगा जाएगा

उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक ॅजिले में नन्दी गौशाला खोलने की योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशाला स्थापित करने की नवीन घोषणा की गई है ताकि आवारा पश्ओं के कारण खेती की बर्बादी को रोका जा सके और साथ साथ द्र्घटनाओं में जन धन तथा गोवंश की हानि रोकी जा सके राजस्थान पीएचइडी तकनीकी कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी इस बैठक में पीएचइडी कर्मचारियों की वेतन विसंगति वेतन कटौती जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है

टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के कर्मचारियों को फील्ड में रहकर टिड्डी दल संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़मेर जिले के रामसर गुढ़ामलानी शिव और गडरा रोड क्षेत्र में यह किटनाशक का छिड़काव किया गया है